प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर आज गुजरात में सूरत और दांडी जायेंगे अपने एक दिन के दौरे में प्रधानमंत्री सूरत में आयोजित नया भारत युवा सम्मेलन में शामिल होंगे इसके बाद श्री मोदी दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रदेश में आज शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के बलिदान दिवस और अन्य शहीदों की स्मृति में दो मिनिट का मौन रखा जायेगा

इसके अलावा श्रद्दांजलि और सर्वधर्म सभाएं आयोजित की जायेंगी इसके साथ ही मद्य निषेध दिवस पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इनका मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है इस दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यशाला प्रदर्शनी वाद विवाद निबंध लेखन नाटक आदि का आयोजन किया जाएगा डीजीपी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वीकेसिंह प्रदेश के नये पुलिस महानिदेशक बनाये गये हैं इससे पहले वे मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष थे

वहीं ऋषि कुमार शुक्ला को मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष बनाया गया है

मास्टर प्लान मुख्यमंत्री कमल नाथ ने नगरीय विकास योजना एवं नगरीय परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा है कि किसी भी शहर के सुनियोजित विकास के लिये बनाये गये मास्टर प्लान में मार्गदर्शी बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि ग्राम तथा नगर निवेश संचालनालय शहरी क्षेत्रों को मास्टर प्लान में नयी और पुनरीक्षित विकास योजनाओं को लागू करने के पहले केबिनेट का अनुमोदन करवाये उन्होंने विकास योजना बनाते समय शहर के सघन और अधिक सघन क्षेत्रों को चिन्हांकित कर नगरीय निकाय सीमा निवेश क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के विस्तार के लिये नियोजन में लेने को कहा उन्होंने कहा कि परिधि क्षेत्र में सेटेलाइट टाउन के लिये सभी आवश्यक प्रावधान भी किये जायें निधन पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी नेता जार्ज फर्नान्डिस का अंतिम संस्कार आज किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री फर्नान्डिस राजनीति में सरल सोम्य और सादगी के प्रतीक थे पर्यटन बैठक प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में एडवेंचर और वॉटर टूरिज्म की गतिविधियों का विस्तार किया जायेगा पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कल विभागीय समीक्षा बैठक में ये बात कही

श्री बघेल ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माँडू और साँची में जल्दी ही लाइट एण्ड साउण्ड शो शुरू करने के निर्देश दिये पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हरि रंजन राव ने बैठक में बताया कि जल्द ही माँडू पचमढ़ी और खजुराहो में गो हेरीटेज रन आयोजित की जायेगी

नईदिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया और खाद्य एवं औषधि निरीक्षक मनीष स्वामी को सम्मानित किया गया

तीस दिसंबर से एक जनवरी तक ये यात्रा इन्दौर में थी इस दौरान यहां कई कार्यक्रम आयोजित किये गये थे गणतंत्र समापन गणतंत्र दिवस समारोह का समापन भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीटिंग द रिट्रीट से हुआ राज्यपाल आनंदी बेन पटेल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी मध्यप्रदेश पुलिस के ब्रास बैण्ड और मास्ड बैण्ड ने कन्सर्ट मार्च पास्ट और सामूहिक वादन की आर्कषक प्रस्तृति दी

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक कोई भी शासकीय गौ शाला नहीं खोली गयी थी मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल भोपाल स्थित मंत्रालय में वचन पत्र का एक और वचन पूरा करते हुए प्रोजेक्ट गौ शाला को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए ग्रामीण विकास विभाग प्रोजेक्ट गौ शाला का नोडल विभाग होगा ग्राम पंचायत स्व सहायता समूह राज्य गौ संवर्धन बोर्ड से संबद्ध संस्थाएँ एवं जिला समिति द्वारा चयनित संस्थाएँ प्रोजेक्ट गौ शाला का क्रियान्वयन करेंगी किकेट स्टेडियम भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिये जल्द ही स्टेडियम बनेगा जनसम्पर्क मंत्री पी सी शर्मा ने ग्राम बरखेड़ा नाथू में जमीन का मौका मुआयना किया श्री शर्मा ने स्टेडियम के निर्माण के लिए दस्तावेजों का अवलोकन किया मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य चार चरणों में किया जाएगा प्रथम चरण पूरा होने पर स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ी मैदान पर खेल सकेंगे श्री शर्मा ने संचालक खेल एवं युवक कल्याण एसएल थाउसेन से एक महीने में स्टेडियम की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है उन्होंने कहा कि जल्द ही खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी के साथ एक बार फिर संयुक्त रूप से निर्माण स्थल का मौका मुआयना कर प्रशासनिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाएगा

आज सूफी गायक हसराज हस अपनी प्रस्तुति देंगे कल समारोह के चौथे दिन बुंदेली और आल्हा गायन की प्रस्तुति हुई इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न स्टॉलों से खरीददारी की

पहली बार पुरुष और महिला टूर्नामेंट एक ही वर्ष और एक ही देश में खेले जाएंगे

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को ग्रूप बी में रखा गया है इसी ग्रूप में इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान और दो क्वालीफायर टीमें होंगी भारतीय महिलाओं की टीम ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका न्यूजीलैंड और पहले क्वालीफायर के साथ ग्रुप ए में हैं मौसम उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा

बीती रात सबसे कम तापमान दो डिग्री सेल्सियस उमरिया में दर्ज किया गया शीतलहर के कारण भोपाल इंदौर सहित कई जिलों के स्कूल आज भी बंद रहेंगे मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी मध्यप्रदेश में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है वहीं शहडोल रीवा सागर उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं पाला पड़ सकता है